वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आयें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और इक्कीसवीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि की है प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुसंधान करें कोरोना टीकाकरण केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समृह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जाएंगे टीकों के उपलब्य होने पर पचास साल से अधिक उम्र के लोगों को पहले दौर में टीके लगाये जा सकते हैं टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ मंत्रालय ने बार बार पुछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किये हैं टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केन्द्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की परेशानी न हो

पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी को टीकाकरण केन्द्र और समय की जानकारी दी जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस टीकाकरण कार्यक्रम तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढ़ंग से टीकाकरण किया जा सके कोवैक्सीन परीक्षण भारत के स्वदेशी कोविड नाइंटीन टीके कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक प्ररा हो गया है भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा विकसित यह टीका अंतिम चरण में तेरह हजार से अधिक लोगों को दिया गया है मानव परीक्षणों के तीसरे चरण में कोवैक्सीन को देशभर के लगभग छब्बीस हजार लोगों को दिया जाएगा पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है तीन टीकों में से एक को वैक्सीन टीका केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा आपातकालीन उपयोग के अनुमोदन का इंतजार कर रहा है इस बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कोविड नाइंटीन की संभावित वैक्सीन के टीकाकरण के बाद के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए चिकित्सकों की टीम तैयार की जा रही है आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा इसके तहत स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा गौरतलब है कि संभावित टीकाकरण की प्रक्रिया चार चरणों में प्ररी की जाएगी उधर जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने कोविड नाइंटीन के संभावित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाने के लिए जिला विकासखंड और नगरीय क्षेत्रों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है कोविड एयरपोर्ट दिशा निर्देश ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नये वेरियेंट के सामने आने के बाद भारत सरकार ने इकतीस दिसंबर तक के लिए यूनाइटेड किंगडम से आने वाली उडानों पर रोक लगा दी है इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने उन यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो उड़ानों पर रोक लगने से पहले यूनाइटेड किंगडम से भारत पहंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ आ सकते हैं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री हवाई मार्ग या अन्य मार्ग से राज्य में प्रवेश करते हैं तो उनकी देश के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर की गई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की जांच की जाएगी रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाएगा और रिपोर्ट के निगेटिव होने पर उन्हें चौदह दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा सीबीएसई परीक्षा केन्द्र सरकार ने सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में पहले भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड नाइंटीन की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर फरवरी तक ये बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देशभर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए बताया कि परीक्षाओं को लेकर विचार विमर्श जारी है और इन बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी धान खरीदी केन्द्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में धान की खेती करने वाले अड़तालीस लाख छियानवे हजार किसानों को न्यूनतम समर्थन मुल्य की खरीद से फायदा पहुंचा है इसके लिए अठहत्तर हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रुपए का भुगतान किया गया कृषि मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से चार सौ पन्द्रह लाख टन धान की खरीद की गई है इधर छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी के तहत अब तक इकतीस लाख सोलह हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के आठ लाख अड़तीस हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है वहीं प्रदेश के राईस मिलर संचालकों को आठ लाख उनसठ हजार मीटरिक टन से अधिक धान का डीओ जारी किया गया है

उनका अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ दर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में किया गया इससे पहले दिवंगत मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रखा गया जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए इसके बाद दिवंगत वोरा के पार्थिव शरीर को दुर्ग स्थित उनके निवास ले जाया गया जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी राज्यपाल ने श्री वोरा के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी इस दौरान अनेक जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भी दिवंगत मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी

विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने श्री वोरा के निधन की सदन में सुचना दी उन्होंने कहा कि श्री वोरा का पूरा जीवन आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा उनके निधन से न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि देश को बड़ी क्षति हुई है सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि श्री वोरा की लगन परिश्रम निष्ठा और नेतृत्व के प्रति समर्पण अद्वितीय था उनकी सहजता सरलता और मिलनसारता जो प्रारंभ में थी वैसी ही अंतिम समय तक रही उनका निधन पार्टी के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अप्ररणीय क्षति है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों के सर्वोच्च नेता भी श्री वोरा का बड़ा सम्मान करते थे वे सभी दलों में लोकप्रिय थे वे हम सबके के लिए अभिभावक और पितातुल्य थे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि श्री वोरा दिल्ली में छत्तीसगढ़ की पहचान थे एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय क्षितिज पर कार्य किया कांग्रेस के वे अभिभावक तो थे ही उनका पक्ष विपक्ष में भी बड़ा सम्मान था

उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र के लिए बड़ा नुकसान है वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने कहा कि श्री वोरा सार्वजनिक जीवन के मूल्यों को सीखने की पाठशाला जैसे थे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोतीलाल वोरा के निधन से हमने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को खो दिया है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि सभी दलों के लोग मोतीलाल वोरा का आदर करते थे वे पूरी ईमानदारी निष्पक्षता और निष्ठा के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे इसके अलावा सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने स्वर्गीय वोरा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और प्रदेश को दिए गए उनके योगदानों को याद किया इसके बाद सदन में स्वर्गीय वोरा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गई गौरतलब है कि मोतीलाल वोरा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था वे तिरानवे वर्ष के थे श्री वोरा का जन्म राजस्थान के नागौर में बीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठाईस को हुआ था वे वर्ष उन्नीस सौ अड़सठ में दुर्ग नगर निगम में पार्षद निर्वाचित हुए उसके बाद वर्ष उन्नीस सौ बहत्तर में श्री वोरा पहली बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने उन्होंने दो बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उत्तरप्रदेश के राज्यपाल पद की भी जिम्मेदारी संभाली थी महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जनसुनवाई की इस दौरान इक्कीस प्रकरण रखे गए कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित इस सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट मानसिक प्रताड़ना कार्यस्थल पर प्रताड़ना और दहेज तथा शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई मनरेगा जांजगीर चांपा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जहां लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को रोजगार देने में वरदान साबित हुई थी वहीं अब कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जागरूकता लाने की दिशा में भी मददगार साबित हो रही है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि मनरेगा कार्यस्थलों पर सभी मजदूरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शपथ दिलाई जा रही है साथ ही मजदूरों को मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और काम करने के बाद साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है

छत्तीसगढ़ के ऐसे किसान जो किसी भी परंपरागत् देशी प्रजातियों का संरक्षण और चयन करके विकास का कार्य कर रहे हैं वे पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के तहत पंजीकृत होकर इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं गौरतलब है कि पादप जीनोम सर्रक्षक समुदाय पुरस्कार के तहत एक साल में पांच किसान समूहों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रत्येक समूह को दस लाख रूपये की नगद राशि दी जाती है वहीं पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान पुरस्कार के तहत हर साल दस किसानों को पुरस्कृत किया जाता है और प्रत्येक किसान को डेढ़ लाख रूपये की नगद राशि दी जाती है इसके अलावा पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान के तहत बीस किसानों को हर साल पुरस्कृत दिया जाता है और प्रत्येक किसान को एक लाख रूपये की नगद राशि दी जाती है प्रदेश में अब तक पंद्रह किसानों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है मलेरिया मुक्त अभियान कोरिया जिले में मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए इन दिनों मलेरिया मुक्त कोरिया अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए टास्क फोर्स समन्वय समिति का गठन किया गया है अभियान के तहत प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं इस दौरान पॉजीटिव मिलने वाले मरीजों को तुरंत दवाई दी जा रही है वहीं जिन मरीजों को जांच के बाद उपचार की आवश्यकता है उनका निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है गौरतलब है कि राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह अभियान आगामी इक्कीस जनवरी तक चलेगा

इसके तहत इच्छुक आवेदक जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र में पांच जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राशन कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र परिवार की वार्षिक आय के संबंध में प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ दो सेट में आवेदन प्रस्तुत करना होगा गौरतलब है कि इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम पच्चीस लाख रूपये सेवा क्षेत्र में अधिकतम दस लाख और व्यवसाय क्षेत्र में दो लाख रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है एथलेटिक्स प्रतियोगिता कांकेर में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कबीरधाम जिला ओवरऑल चैंपियन रहा प्रतियोगिता में कबीरधाम जिले को छत्तीस गोल्ड मैडल सहित कुल अठासी पदक प्राप्त हुए इनमें महिला वर्ग में चौंतीस और पुरूष वर्ग में चौव्वन मैडल शामिल हैं इस सफलता पर कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने खिलाड़ियों के वापस लौटने पर उन्हें सम्मानित किया

इसे देखते हुए जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बीती रात शहर के सिरहासार चौक संजय बाजार क्षेत्र और बस स्टैण्ड का दौरा किया इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने फुटपाथ बस स्टैण्ड और खुले में रात गुजारने वाले लोगों को शॉल और कंबल का वितरण किया साथ ही उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली

राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कला उत्सव में भाग लेने के लिए दुर्ग जिले के पांच बच्चों का चयन हुआ है ये बच्चे इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे

इसी जिले की एक अन्य घटना में शासकीय जमीन में फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तारबहार पुलिस ने उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है

वहीं एक आरोपी फरार है